सरकार हर स्थिति की समीक्षा कर रही है

उनके स्थान पर एमवी राव को मिला डीजीपी का प्रभार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्यवासियों को कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है सरकार हर स्थिति की समीक्षा कर रही है वे कल विधानसभा भवन में कोरोना वायरस पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में कोरोना वायरस का आकलन करने का निर्देष दिया है

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के विष्वव्यापी फैलते संक्रमण के मददेनजर राज्य सरकार ने चौदह अप्रैल तक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों मल्टीप्लैक्स सिनेमा हॉल म्यूजियम स्वीमिंग पूल और पार्को को बंद रखने का निर्णय लिया है उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से सदन के चलने तक दर्षक दीर्घा को भी बंद रखने का आग्रह किया राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय महामारी से निपटने के लिए दो सौ करोड रुपये का आवंटन किया है

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इसे नागरिकों से जुड़े प्लेट फॉरम माईगोव पर साझा किया जाए माईगोव ने एक बयान में कहा है कि लक्षण का पता लगाने के लिए समाधान बायो इन्फोर्मेटिक्स डेटाबेस और एप्लीकेशन कोरोनावायरस से लड़ने में मदद कर सकता है इसमें कहा गया है कि माईगोव पर डाले गए समाधान का मूल्यांकन किया जाएगा और चयनित समाधान के निर्माताओं को पुरस्कृत किया जाएगा

इस संबंध में एक परामर्श राज्य सरकारों को भेजा गया है विद्यार्थियों को भी घर में ही रहने की सलाह दी गई है इस बीच केरल ओडिसा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चार नए मामले सामने के साथ ही देश में इस वायरस के एक सौ चौदह मामलों की पुष्टि हुई है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा की लव अग्रवाल ने कहा कि गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए और निजी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को घर से ही काम कराने की सुविधा देनी चाहिए उन्होंने बताया कि कुछ देशों से भारत के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है

यह नियम बुधवार से लागू हो जाएगा

इससे संबंधित वैधानित अड़चनों को दूर किया जायेगा राज्य सरकार केन्द्र को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने का भी आग्रह करेगी मुख्यमंत्री कल विधानसभा में ध्यानाकर्षण और प्रष्न काल में आजसू विधायक सुदेष महतो और भाजपा विधायक अमित मंडल द्वारा उठाये गये आरक्षण के सवालों का जवाब दे रहे थे

भारत सरकार के वरीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने पष्चिमी सिंहभूम जिले में केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान एवं विकास कार्यों की समीक्षा की उन्होंने अभियान चलाने के लिए सुरक्षा बलों को रणनीतिक सलाह भी दी के विजय कुमार ने कहा कि पष्चिमी सिंहभूम जिले के क्षेत्र में काफी विकास कार्य हुये हैं जिससे नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है जिले में पुलिस और प्रषासन के साथ जनता का समन्वय काफी अच्छा है समीक्षा बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अभियान साकेत कुमार सिंह सीआरपीएफ के डीआईजी हनुमंत सिंह रावत सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक कमल नयन चौबे का तबादला कर दिया है उनके स्थान पर होमगार्ड के डीजी सह अग्निषमन के महासमादेष्टा एमवी राव को डीजीपी का प्रभार दिया गया है वहीं कमल नयन चौबे को पुलिस आधुनिकीकरण कैंप नयी दिल्ली का विषेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है इस संबंध में गृह विभाग की ओर अधिसुचना जारी कर दी है श्री राव उन्नीस सौ सतासी बैच के झारखंड कैडर के आइपीएस अधिकारी हैं राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से तीनों उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाय गये हैं झारखंड विधानसभा के सचिव सह निर्वाची पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया को झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पर्वेक्षक बनाया है झारखंड राज्य सहकारी बैंक इंप्लाइज यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर कल राजधानी रांची में धरना दिया